राज्य के दूरदराज इलाकों से रिपोर्ट आना बाकी है इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है राज्य विधानसभा की सत्तावन सीटों के लिए एक सौ इक्यासी उम्मीदवार मैदान में है अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट के लिए भाजपा से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिज् कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी जेडीएस की जारज़्म एते सहित सात उम्मीदवार है वहीं अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सीट से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव कांग्रेस से पूर्व मंत्री एल वांगलेट सहित पांच उम्मीदवार है राज्य के कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम में गड़बड़ी से थोड़ा देर से मतदान शुरु हुआ प्रदेश में वर्ष दो हजार चौदह में सतहत्तर प्रतिशत मतदान हुआ था राज्य के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तिरप जिले के लाजू अपर प्राईमरी स्कूल में मतदान केंद्र के अधिकारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई इधर तवांग जिले में शांतिपूर्ण मतदान होने की खबर है लुमला के अंतर्गत पांच मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट में तकनिकी समस्या के चलते देर से मतदान शुरु हुआ अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम तीन बजे तक तवांग में साठ प्रतिशत मुक्तो में सत्तर प्रतिशत और लुमला में पचहत्तर प्रतिशत मतदान हुआ जांग के एडिशनल जिला उपायुक्त और तवांग के पुलिस अधीक्षक के अनुसार लुगुथांग मतदान केंद्र पर शत प्रतिशत मतदान हुआ सत्रहवीं लोकसभा के पहले चरण की इक्यानवें सीटों के लिए देश के अट्ठारह राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हुआ इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा की सभी सीटों और ओडिसा विधानसभा की अट्ठाईस सीटों के लिए भी मतदान हुआ आज के मतदान में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विजय कुमार सिंह महेश शर्मा सत्यपाल सिंह किरेन रिजिजू हंशराज अहिर और अशोक गजपति राजू प्रमुख है लोकसभा की शेष सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देशभर में अपनी सभाएं कर रहे है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि एनडीए फिर से चुनी जाती है तों वो छोटे व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेगी बिहार के भागलपुर में एक चुनाव सभा में उन्होंने कहा कि जीएसटी में सभी छोटे व्यापारियों का दस लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा प्रधानमंत्री छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की भी चर्चा की उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराने के वास्ते चुनावी बॉण्ड योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कल आदेश सुनाएगा इस योजना की वैधता को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफोेम्स की याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई है इसमें कहा गया है कि चुनावी बाण्ड जारी किए जाने पर या तो रोक लगा दी जाए या दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक किए जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके

उन्होंने कहा कि चुनावी बॉण्ड योजना सरकार के नीतिगत निर्णय का मामला है और किसी भी सरकार को नीतिगत फैसले लेने के लिए गलत नही ठहराया जा सकता अटार्नी जनरल ने यह भी कहा कि न्यायालय चुनाव के बाद इस योजना की जांच कर सकता है रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सेना के कमांडरों के द्वि वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उन्हें देश की सुरक्षा में लगी सर्वश्रेष्ठ तथा प्रेरक सेना के बीच अपने को पा कर गर्व हो रहा है इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा भी उपस्थित थे

आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया